स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा प्रदेश सरकार स्वाइन फ्लू को लेकर पूरी तरह सतर्क

वे आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षकों और अमिभावकों से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के नतीजे की चिंता किये बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि इससे विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए बाईट प्रधानमंत्री क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या कि उस क्लास की परीक्षा है अगर एक बार मन में तय करें कि भई ये एग्जाम दसवीं कक्षा की है यह एग्जाम बाहरवीं कक्षा की है ये मेरी जिंदगी की कसौटी नहीं है अगर इतना सा हम सोच लें तो हमारा जो भार है बोझ है वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को अपने माता पिता की बात ध्यान से सुनने की सलाह दी श्री मोदी ने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपें बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें बाईट प्रधानमंत्री मेरा अभिभावकों से भी आग्रह है कि कही ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है

वो मां बाप विफल है जो अपने जीवन की अध्री चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बच्चे की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती हैं और इन्हें समझना बहत जरूरी है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर बताया कि कार्यक्रम में ईरान नेपाल दोहा क्वैत सऊदी अरब जैसे देशों से भी विद्यार्थियों ने भाग लिया

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटीवाला में कार्यक्रम सुनने के बाद विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री के सफलता सूत्रों को आत्मसात करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस संवाद का उददेश्य जहां विद्यार्थियों के मन से परीक्षा के डर को दूर कर उन्हें तनावमुक्त बनाना है वहीं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना भी है शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हिमाचल के छः विद्यार्थियों सहित दो अध्यापक और दो अभिभावक भी प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों और संस्कारों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर प्रदेश के सभी विद्यालयों में उपलब्ध करवाई जाएगी इस बीच सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान दिए गए टिप्स से विद्यार्थियों की हौसला अफजाई हुई है इधर शिमला के रिज मैदान और इंदिरा गांधी खेल परिसर में स्थापित स्क्रीन के माध्यम से लोगों ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और इसकी सराहना की उधर जनजातीय जिला किन्नौर में विद्यार्थियों ने रेडियो के माध्यम से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम सुना स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी राजकीय महाविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा प्रियंका नेगी ने बताया कि कार्यक्रम से उन्हें काफी प्रेरणा मिली है

कांगड़ा जिले की राजकीय उच्च पाठशाला डढ़म्ब में वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि अटल आदर्श विद्या केंद्र योजना के पहले चरण में प्रदेश में दस आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे इस दौरान सरवीण चौधरी ने स्कूल में विद्यार्थियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम भी सुना केंद्रीय सहायता केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित छह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा निधि से सात हज़ार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि जारी की है ये सहायता राशि हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात और केंद्रशासित प्रदेश पुद्दचेरी के लिए जारी की गई है गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने इस आशय की मंजूरी दी है परमार प्रदेश सरकार स्वाइन पलू को लेकर पूरी तरह सर्तक व सजग है और राज्य के सभी अस्पतालों में इसकी दवा उपलब्ध करवा दी गई है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कांगड़ा जिले की सांबा पंचायत के हलदरा कोना में आज पंचकर्म व क्षार सूत्र केंद्र भवन का लोकार्पण करने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मैडिकल कॉलेजों सहित मुख्य चिकित्सा संस्थानों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए हैं ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य संस्थानों में जांच करवाने का आग्रह किया

वीरभद्र सिंह इस बीच स्वाइन फ्लू से पीड़ित पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के स्वास्थ्य में सुधार है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने बताया कि वीरभद्र सिंह को घर में आराम करने की सलाह दी गई है निधन समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस का आज नई दिल्ली में एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया

उनका अंतिम संस्कार उनके पुत्र को विदेश से आने के बाद कल किया जायेगा जार्ज फर्नांडिस का जन्म कर्नाटक में मंगलूरु में हुआ था वे नौ बार लोकसभा और एक बार राज्य सभा के सदस्य रहे उन्होंने केन्द्र में रक्षा रेल और उद्योग मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जार्ज फर्नांडिस के निधन पर दुख व्यक्त किया है राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक जताया है

ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज क्षेत्र के थानाखास स्थित गौशाला में एक कार्यक्रम में ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौवंश की रक्षा के लिए और बेहतर कदम उठाए जाएंगे वीरेंद्र कंवर ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की निशुल्क डी वॉर्मिंग की जाएगी और इसके लिए तीस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा योजना के माध्यम से दस फरवरी से मोमनियार पंचायत में तीस लाख रुपए की लागत से एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा शुरू की जाएगी इस दौरान वीरेंद्र कंवर और अनुराग ठाकुर ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत तीन सौ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन भी वितरित किए मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा हालांकि तापमान में भारी गिरावट के चलते शीतलहर का प्रकोप जारी है और जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्य के अन्य भागों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है पिछले छह दिनों से शिमला का पारा माइनस में रिकार्ड किया जा रहा है मौसम विभाग ने कल से एक बार फिर बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है

इस बीच शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने बर्फबारी के मद्देनजर ढली ठियोग सड़क पर व्यवस्थित यातायात परिचालन के लिए आदेश जारी किए हैं

ये आदेश अगले सात दिनों तक लागू रहेंगे

ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेगी मांग उधर चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के धरवास और साच हेलीपैड के लिए अब तक हेलिकॉप्टर की एक भी उड़ान नहीं हुई है स्वयंसेवी संस्था सेवा के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कहा है कि हेलिकॉप्टर उड़ान न होने से मरीजों सहित अन्य लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने घाटी के लिए जल्द हेलिकॉप्टर उड़ान करवाने की सरकार से मांग की है कर्मचारी प्रकोष्ठ प्रदेश भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ ने पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के गठन सहित पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों को वित्तीय लाभ और नियमित तौर पर पैंशन देने का सरकार से आग्रह किया है प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव इन्द्रपाल शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों बिलासपुर में राज्य स्तरीय बैठक में अपने सम्बोधन में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा ने इन मांगों को सरकार के समक्ष रख कर पूरा किए जाने का आश्वासन दिया था